और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बेहतर कार्य के लिए मंडी शिमला और सिरमौर जिलों को कल मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रस्ताव लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुर्नगठन बिल आज पारित हो गया है

इससे पहले बिल पर हुई चर्चा में कई सदस्यों ने भाग लिया और अपने विचार रखे राज्यसभा में ये बिल पिछले कल ही पास हो चुका है संसद के दोनों संदनों से इस बिल के पास होने के बाद देश सहित प्रदेश में भी जश्न का माहौल है

इधर शिमला में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अब कश्मीर में विकास और शांति की स्थापना होगी उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को अब शिक्षा के अधिकार और सूचना के अधिकार का भी लाभ मिल सकेगा केंद्र सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने नाहन में जश्न मनाया इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और वन मंत्री गोबिंद ठाक्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ये निर्णय लेने के लिए बधाई दी

मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि राज्य आपदा मोचन निधि को शत प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा पोषित किया जाए उन्होंने आयोग से प्रदेश को प्राप्त राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करने की सिफारिश करने का भी अनुरोध किया इससे न केवल राजस्व घाटे को कम किया जा सकेगा बल्कि राज्य के पास खर्च के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा भेंट मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की इस दौरान प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सांसद रामस्वरूप शर्मा किशन कपूर और सुरेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे

राजभवन शिमला में आज उनसे मिलने आए विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक सरयाल से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि संस्थान को अपना स्थान और बेहतर करने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए उन्होंने कृषि क्षेत्र के विस्तार और शोध कार्य में विश्वविद्यालय के सराहनीय कार्य की प्रशंसा भी की

ये जानकारी विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा में एक बैठक में दी उन्होंने अधिकारियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनप्रतिनिधियों से सांझा करने और तालमेल स्थापित करने के निर्देश दिए विधायक पवन नैयर भी बैठक में मौजूद रहे

इसके अलावा एक हजार किलोमीटर सड़कों को पक्का व स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कांगडा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र में आज भाडल देवी कथियाड़ा सड़क के लोकार्पण अवसर पर ये जानकारी दी परमार ने कहा कि सुलह क्षेत्र में सड़कों पुलों और भवनों के निर्माण पर सौ करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं इस मौके पर उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लायन्स क्लब के सहयोग से न्यू शिमला में खोले गए डायलिसिस सेंटर का आज शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि इस सेंटर के खुलने से शिमला व आसपास के लोगों को किफायती दरों पर डायलिसिस सुविधा उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि क्बल द्वारा निर्धन व उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए समय समय पर अनेक गतिविधियां चलाई जाती हैं बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन क्षेत्र के राजकीय विद्यालय रामा में आज खेल मैदान का लोकार्पण किया उन्होंने छात्रों की खेलकूद प्रतियोगिता का भी शुभारम्भ किया बिंदल ने कहा कि खेलों से जहां शारीरिक व मानसिक विकास होता है वहीं अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी उत्पन्न होती है

दुर्घटना चंबा ज़िले में किलाड़ के शतवानी नामक स्थान पर आज एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई मृतकों में वाहन चालक सहित दो महिलाएं शामिल हैं ये सभी लोग किलाड़ से अपने घर करयुनी जा रहे थे हमारे चंबा प्रतिनिधि के अनुसार पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से तीनों शवों को सड़क तक पहुंचाया

इसके अलावा तीन अन्य लोग घायल हो गए ये सभी पालमपुर से त्रिलोकनाथ जा रहे थे हिमऊर्जा राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद हिमऊर्जा ने प्रदेश में सोलर वाटर हीटर की बुकिंग शुरू कर दी है हिमऊर्जा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृतिका कुलहरी ने बताया कि संयंत्र लगाने के लिए उपभोक्ता अपने ज़िले के हिम ऊर्जा कार्यालय में बुकिंग करवा सकते हैं सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी सोलर हीटर लगाने के बाद उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा होगी आवेदन पत्र हिमऊर्जा की वैबसाईट से डाउनलोड किए जा सकते हैं पुरस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए मंडी शिमला और सिरमौर जिलों को कल राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगी मंडी जिले को इससे पहले भी अभियान में प्रभावी सामुदायिक सहभागिता के लिए इसी वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि ज़िले में बेटियों के सशक्तिकरण और लैंगिंक असंतुलन को दूर करने की दिशा में जनसहयोग से प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है कार्यशाला हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान ने आज केलंग में एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें चिनाव नदी के जीर्णोद्वार कार्यों को लेकर चर्चा की गई कार्यशाला में इस परियोजना को लेकर विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए वैज्ञानिक अश्वनी तपवाल ने कहा कि नदी का जीर्णोद्वार एक चुनौतिपूर्ण कार्य है और इसमें सभी संबंधित विभागों का योगदान अहम रहेगा

वन मंत्री गोविन्द ठाकुर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगें